संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला दस दिसंबर को रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नए भवन का निर्माण अगले सौ वर्षो की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है

यह दिन हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए अपाहिज हुए सैनिकों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के त्याग को सम्मान पूर्वक याद करने एवं आम नागरिकों की और से उनके प्रति आभार व्यक्त करने के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश के संयुक्त संचालक कमांडर उदय सिंह ने इस अवसर पर नागरिकों से अधिक से अधिक राशि दान करने की अपील की है झंडा दिवस निधि में दान की हई राशि आयकर से म्क्त है उन्होंने कहा कि सभी नागरिक अपना योगदान अपने जिले के सैनिक कल्याण कार्यालय में भी दे सकते हैं

कृषि मंत्री ने संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बनी रहेगी और इसलिए किसानों को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि इसे हटाया जा रहा है पिछले दौर की बातचीत तीन दिसम्बर को सौहार्दपूर्ण और वातावरण में हई थी उधरउज्जैन जिले के जेथल गांव के किसान श्री बैरागी ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के बहत फायदेमंद है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफाई कर्मियों से बातचीत भी की

जांच टीम लगातार हो रही बच्चों की मौत के मामलों की समीक्षा करेगी हमारे शहडोल संवाददाता ने बताया कि बच्चों की और बेहतर देखभाल के लिए यहाँ डाक्टरों और वेंटीलेटर की संख्या बढ़ा दी गई है

एक और वेंटीलेटर धनप्री चिकित्सालय में रखा गया है मेडिकल कालेज के डाक्टर भी अस्पताल में पहले से अपनी सेवाएं दे रहे हैं

चर्चा में शामिल आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत एग्रीकल्चर इन्फास्ट्रक्चर फण्ड हेत् केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नॉलेज पार्टनर बोस्टन कंसल्टेंसी ग्र्प एवं पीएमयू टीम के सदस्यों ने टीम ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहर उत्पादों को देश और द्निया के मार्केट तक पहंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है